कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में ऐतिहासिक निर्णय लिया है एक राष्ट्र के तौर पर एक परिवार के तौर पर आपने हमने पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है जो सपना सरदार वल्लभभाई पटेल का था बाबा साहेब आम्बेडकर का था डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी का था अटलजी और करोड़ों देश भक्तों का था वो सपना अब पूरा हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नये युग की शुरूआत हुई प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई चीज़ हमेशा के लिये हो जाती है तो यह माना जाता है कि यह कभी नहीं बदलेगा और चलता रहेगा अनुच्छेद तीन सौ सत्तर भी कुछ इसी तरह था श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र को दिया गया विशेष दर्जा कुछ नहीं था बल्कि इससे अलगाववाद आतंकवाद भ्रष्टाचार और परिवार के शासन को बढ़ावा मिल रहा था साथ ही पाकिस्तान को भी अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे ले जाने में मदद मिल रही थी

श्री मोदी ने कहा कि नयी व्यवस्था में अब यह केन्द्र सरकार की प्राथमिकता होगी कि राज्य के कर्मचारी और जम्मू कश्मीर पुलिस को अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों और पुलिस कर्मचारियों की तरह समान सुविधाएं मिलें अभी केन्द्रशासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे एलटीसी हाउस रेंट अलाउंस बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं जिनमेंसे अधिकांश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को पुलिस परिवारों को नहीं मिलती है ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को पुलिसों को उनके परिवारजनों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मूकश्मीर और लद्दाख़ में केन्द्र और राज्य के सभी रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी जिससे स्थानीय युवकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे श्री मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार इस फैसले का विरोध करने वालों की आपत्तियों का भी सम्मान करती है बारिश प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले दो तीन दिनों से हो रही अनवरत बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है खासकर बस्तर संभाग के सुकमा बीजापुर और नारायणपुर जिलों में स्थिति अभी भी खराब है संभाग के अधिकांश नदी नाले उफान पर है वहीं कई सड़क मार्ग बंद हैं हालांकि कल शाम से बारिश थम गई है हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर संभाग में सभी नदी नाले उफान पर हैं

हालांकि कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है बारिश के चलते कई पुल पुलियों के ऊपर बह रहा पानी धीरे धीरे घटने लगा है इस बीच मौसम विभाग के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ में बना अवदाब पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर कमजोर हो रहा है हालांकि एक द्रोणिका उत्तरी छत्तीसगढ़ में बनी हुई है इसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटे के दौरान रायपुर और बिलासपुर संभागों में भारी बारिश हो सकती है

इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राजधानी रायपुर और कोंडागांव में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य पर आगामी दो अक्टूबर से छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्ति दिलाने प्रदेश के सभी आकांक्षी जिलों में अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की है इस अभियान के तहत कुपोषण और एनीमिया से पीड़ितों को प्रतिदिन निःशुल्क पौष्टिक भोजन दिया जाएगा उन्होंने कहा कि आगामी तीन साल में छत्तीसगढ़ को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री ने कोंडागांव में दो हजार एकड़ का सामूहिक वन भूमि पत्र वितरित किया जो देश के किसी राज्य द्वारा पहली बार दिया गया है मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्री मैट्रिक छात्रावास के छात्रों की छात्रवृत्ति सात सौ रूपए से बढ़ाकर एक हजार करने की घोषणा की श्री बघेल ने कहा कि कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ग्राम पंचायतों और महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कुपोषण और एनीमिया पीड़ितों की पहचान कर पौष्टिक भोजन निःशुल्क दिया जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले में दो सौ चौदह करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया वहीं रायपुर में श्री बघेल ने देश के विभिन्न आईआईटी एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत् आदिवासी समाज के इंक्यावन प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया और उन्हें लैपटॉप प्रदान किए समारोह में आदिम जाति और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम उद्योग मंत्री कवासी लखमा महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बस्तर सांसद दीपक बैज कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम सहित अनेक विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे

इस मौके पर राज्यपाल का परंपरागत ढंग से खुमरी पहना कर स्वागत किया गया राज्यपाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का लाभ मिले उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को जब कहीं न्याय न मिले तो वह राजभवन का दरवाजा खटखटा सकता है

इधर राजधानी रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सांसद सोहन पोटाई के नेतृत्व में राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दीं भाजपा प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट की रियायत समाप्त करने के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में प्रदर्शन किया धरना प्रदर्शन में रायपुर सांसद सुनील सोनी भी शामिल हुए इस मौके पर सुनील सोनी ने कहा कि सरकार को जनहित में यह फैसला वापस लेना चाहिए महिला आयोग छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कमलेश गौतम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति बेहतर है और इनसे संबंधित मामलों का बेहतर तरीके से निराकरण किया जा रहा है श्रीमती गौतम ने कल छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए लागू की गई व्यवस्थाओं और महिलाओं की बेहतरी के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी लेने के लिए रायपुर के जिला अस्पताल परिसर स्थित देश के पहले सखी सेंटर आंगनबाड़ी केन्द्र और महिला हेल्प लाइन का अवलोकन किया इस मौके पर श्रीमती गौतम ने कहा कि महिलाओं के मामले के अनुसार विषयवार जागरूकता शिविरों का आयोजन करें जिसमें सखी सेंटर और महिला हेल्प लाइन के टेलीफोन नंबरों की जानकारी दें आर्थिक गणना छत्तीसगढ़ में सातवीं आर्थिक गणना के प्रथम चरण का कार्य आगामी सोलह अगस्त से प्रारंभ किया जाएगा राज्य के सभी सत्ताईस जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह कार्य किया जाना है राज्य में आर्थिक गणना के समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है